भारत के साथ तीन दिन के भीतर बख्तरबंद टैंकों को पीछे हटाने का समझौता हआ था लेकिन चीनी सेना ने दो दिनों में जिस तेजी के साथ अपने टैंक हटाए हैं उसने भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को चौंका दिया है पैन्गोंग झील के बाद भारत की अगली नजर डेप्सांग प्लेन्स पर है जहां चीन ने टैंकों की तैनाती करके मोर्चाबंदी कर रखी है डेप्सांग प्लेन्स सामरिक तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि इसी के पास ही द्रनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी है जिसे भारतीय वाय्सेना ने बनाया है भाजपा प्रशिक्षण भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में आज पार्टी नेतृत्व ने सामूहिक समन्वय के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति का मंत्र विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों को दिया उज्जैन में आयोजित प्रशिक्षण का श्भारंभ करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्ण्दत शर्मा और म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विस्तार से विधायकों और पदाधिकारियों को उनकी कार्यपद्धति रीति नीति लोकव्यवहार और स्चितापूर्ण जीवन की दिशा में महत्वप्र्ण जानकारी दी प्रशिक्षण वर्ग के श्भारंभ सत्र में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गनसिंह क्लस्ते भी मौजूद थे उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए म्ख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बड़े लक्ष्य के लिए बना है इसलिए विधायकों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्यकर्ता विचार के लिए लड़ता है और आपको विधायक बनाने के लिए संघर्ष करता है उसके प्रति स्नेह और सम्मान में कोई कमी न आये आदि महोत्सव ट्राइब्स इंडिया द्वारा दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति आकर्षण का केन्द्र बने हए हैं दिल्ली हाट में चल रहे इस महोत्सव में प्रदेश के सहरिया जनजाति के चन्देरी वस्त्र भिलाला जनजाति के बाघ प्रिंट और महेश्वरी वस्त्र अगरिया जनजाति की लोहे की कलाकृतियां भील जनजाति की झाब्आ ग्ड़िया और मोती के आभूषण म्ख्य आकर्षण हैं गौरतलब है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित आदि महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है

महोत्सव में देश भर से लगभग एक हजार आदिवासी एवं कारीगर भाग ले रहे हैं डिजीलॉकर बीमा भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को डिजिटल बीमा पालिसी जारी करने और डिजीलॉकर अपनाने की सलाह दी है अपने परिपत्र में बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को सलाह दी कि वे अपने आईटी सिस्टम में डिजीलॉकर स्विधा दें ताकि पॉलिसीधारक अपने सभी पॉलिसी दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए डिजीलॉकर का उपयोग कर सकें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजीलॉकर एक ऐसी पहल है जिसमें पालिसीधारक अपने प्रामाणिक दस्तावेज और मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं इसका उद्देश्य कागजी दस्तावेजों के उपयोग को कम करना है

योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है मांडू उत्सव माण्ड् की ऐतिहासिक धरोहर और विशिष्ट स्थापत्य कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर तीन दिवसीय माण्ड्र उत्सव कल से श्रू होने जा रहा है उत्सव के दौरान विभिन्न संगीतमय प्रस्तृतियाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स हेरिटेज वॉक साइकिलिंग जैसी गतिविधियों होंगी प्रम्ख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिवशेखर श्क्ला ने बताया कि माण्ड्र उत्सव के दौरान सभी उम्र के पर्यटकों के लिए उनकी रुचि अनुसार गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी खाने के शौकीन लोगों को परंपरागत व्यंजनों के साथ स्थानीय व्यंजनों का तड़का देने के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं इंदौर शी क्ज इंदौर शहर में नगर निगम ने महिलाओं को प्रसाधन स्तनपान और शौचालय आदि की स्विधाएं एक साथ मुहैया कराने के लिये सर्वस्विधाय्क्त शी कंज बनाये गये हैं

यहाँ निश्ल्क सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री और सेनिटरी पेड मशीन भी लगाई गई है शी कुंज में केयर टेकर व महिला गार्ड भी तैनात किये गये है

हादसे के कारणों की जांच प्लिस व जिला प्रशासन के दवारा की जा रही है